सीडीएस का काम सेना नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल लाना और देश की सैन्य ताकत को और मजबृत करना होगा सरकारी आदेश के अनुसार जनरल रावत की नियुक्ति सीडीएस के पद पर आज से प्रभावी हो रही है वहीं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकद नरवणे आज नए थल सेना अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे

गौरतलब है कि बिपिन रावत आज सेवानिवृत हो रहे हैं

उन्होंने कल एक टवीट में कहा कि यह कानून पड़ौसी देशों के प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है न कि किसी की नागरिकता समाप्त करने के बारे में प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में एक वीडियो लिंक साझा किया है जिसमें इस कानुन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है

कल जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश प्रनिया ने बताया कि पार्टी इस कानून के समर्थन में जयपुर जिले में ब्रथ स्तर पर जाकर घर घर हस्ताक्षर अभियान पंपलेट वितरण गोष्ठियां जन जागरण रैलिर्यो के माध्यम से आम जनता को जागरूक करेगी

उन्होंने कल बाडमेर जिले की धनाऊ तहसील के विभिन्न गांवों के खेतों में पहुंचकर टिड्डी दल के हमले से फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया उन्होंने किसानों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया वहीं मुख्यमंत्री ने कल जालौर जिले के सांचौर में टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया श्री गहलोत ने डेडवा में आयोजित कार्यक्रम में किसानों से रूबरू होते हुए कहा कि इस आपदा में उन्हें पूरी सहायता दी जाएगी श्री गहलोत ने कल जैसलमेर जिले में दौरा करने के बाद रामगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि किसान समय पर जिला प्रशासन को सूचना दें ताकि टिड्डी हमलों से बचाव के प्रयास किये जा सकें

भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड ने बताया किये दल जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण करेगा इससे पहले कल चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गैलरिया ने अस्पताल का निरीक्षण किया उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गठित जांच दल और अस्पताल प्रशासन की बैठक लेकर पिछले दिनों शिशुओं की मौत के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिये उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित जांच दल में अतिरिक्त प्राचार्य मेडिकल कॉलेज जयपुर डॉ अमरजीत मेहता वरिष्ठ शिश्रोग विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज जयपुर डॉ रामबाबू शर्मा चिकित्सा शिक्षा विभाग के ओएसडी डॉ सुनील भटनागर को शामिल किया गया है

सड़क रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित है जयपूर में कल न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस मापा गया

विभाग ने कहा है कि एक ओर दो जनवरी को हल्की वर्षा होने की भी संभावना है

बीकानेर जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर जिले के समी स्कूलों का समय सुबह दस बजे से दोपहर साढ़े तीन बजे तक संचालित करने के आदेश दिये हैं ये आदेश दो पारियों मेँ संचालित स्कूलों के लिए भी प्रभावी होंगे वहीं भरतपुर जिला प्रशासन ने कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों का एक जनवरी से अग्रिम आदेशों तक अवकाश घोषित किया है